कांके में लॉ की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को दो मार्च को सजा सुनायी जाएगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि राज्य में एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले आज विधानसभा सचिवालय की ओर से सर्वदलीय बैठक ब्लायी गई है ध्र्वा के नए विधानसभा भवन में कल से बजट सत्र आहत किया गया है इस बैठक में विधानसभा सचिवालय द्वारा भाजपा और झारखंड विकास मोर्चा को अलग दल मानकर इनके वरिष्ठ विधायकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है विधानसभा सचिवालय ने भाजपा की ओर से वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह और झारखंड विकास मोर्चा की ओर से प्रदीप यादव को आमंत्रित किया गया है इस बैठक में सत्ता पक्ष के नेता के रूप में मुख्यंत्री हेमंत सोरेन संसदीय कार्यमंत्री सह कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के अलावे भाजपा आजसू समेत अन्य विधायकों को बुलाया गया है इधर इस मामले में भाजपा के प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष ने कहा है कि भाजपा में झारखंड विकास मोर्चा के विलय की सूचना और पार्टी द्वारा बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुनने संबंधी पत्र विधानसभा अध्यक्ष को दे दी गई है सर्वदलीय बैठक में भाजपा का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे इस पर पार्टी विचार करेगी एंटी करप्षन ब्यूरो ने कल रांची और धनबाद नगर निगम के अलावा रांची रजिस्ट्री कार्यालय और डोरंडा थाना में एक साथ छापेमारी की एसीबी की टीम को नगर निगम और रजिस्ट्री कार्यालय के अलावा थाने में अनियमितता बरतने की षिकायत मिली थी छापेमारी के दौरान नगर विकास विभाग और पुलिस के नोडल अफसर भी साथ थे एंटी करप्षन ब्यूरो ने देर शाम तक जांच जारी रहने की जानकॉरी दी है नगर निगम में एसीबी की टीम ने वाटर कनेक्षन नक्षा भवन शाखा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र राजस्व शाखा के कार्यो की भी जांच की राज्य सरकार के आदेष पर एसीबी द्वारा उन कार्यालयों में जांच की गई जहां से लोगों द्वारा अनियमितता की षिकायत की गई थी भारत सरकार के लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो रांची के पंजीकृत सांस्कृतिक दलों द्वारा छब्बीस फरवरी को झारखंड के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित तेरह चिन्हित जिलों में सघन मिशन इंद्रधनुष आयुष्मान भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत स्वच्छ भारत अभियान जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर जन जागरुकता अभियान चलाया गया सांस्कृतिक दलों के कलाकारों ने लोक कलाओं के माध्यम से गढ़वा रांची खूंटी हजारीबाग बोकारो चतरा पलामू गुमला और सिमडेगा जिले के गावों में प्रचार किया राज्य के वामपंथ उग्रवाद प्रभावित चिन्हित तेरह जिलों में चल रहे विशेष जन जागरुकता कार्यक्रम के तहत लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो रांची के पंजीकृत सांस्कृतिक दलों द्वारा केंद्र सरकार की जन उपयोगी योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है छब्बीस फरवरी तक एक सौ बीस से ज्यादा जन जागरुकता के कार्यक्रम किए जा चुके हैं केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सरोगेसी विधेयक से संबंधित प्रवर समिति की समी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं इस संबंध में राज्यसभा की प्रवर समिति ने सिफारिश की थी कि सरोगेट माता सिर्फ निकट संबंधियों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए

इस विधेयक के पास हो जाने से हरियाणा में कुंडली और तमिलनाडु में तंजावुर स्थित राष्ट्रीय स्तर संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा मिल जायेगा केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने एक हजार चार सौ अस्सी करोड रुपये की लागत से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के गठन को भी मंजुरी दे दी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण जल्द शुरू किया जायेगा

कांके में लॉ की छात्रा के साथ हए सामूहिक द्ष्कर्म के आरोपियों को दो मार्च को सजा सुनायी जाएगी प्रधान न्यायाधीष नवनीत कुमार की अदालत ने इस मामले में ग्यारह अभियुक्तों को दोषी करार दिया है इस मामले में बारह अभियुक्त थे जिसमें एक नाबालिग है विषेष अदालत में नाबालिग के मामले में सुनवाई की जाएगी कल सभी आरोपियों की पेषी वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करायी गई न्यायाधीष ने सजा सुनाते हुए कहा कि सभी आरोपियों को पांच धाराओं में दोषी पाया गया है सताईस नवम्बर दो हजार उन्नीस को हुई इस घटना में उन्नीस नवम्बर को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया था मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से कल झारखंड मंत्रालय में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और दक्षिणी छोटानागपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंप कर पेट्रोलियम पदार्थो पर वैट दर कम करने विभिन्न सरकारी विभागों को आपूर्ति किए गए पेट्रोल और डीजल के मद में बकाया का भुगतान करने दूसरे राज्यों से सीधे झारखंड में लाए जाने वाले डीजल पर रोक लगाने और छोटे पेट्रोल पंपों को प्रदूषण जांच केंद्र अनिवार्य रूप से लगाने के आदेश से मुक्त करने की मांग की धनबाद जिले के आईआईटी के छात्रो ने वाहनों से होने वाले वायू प्रदूषण रोकने के लिए एक उपकरण तैयार किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन्तीस फरवरी को रजरप्पा महोत्सव का शुभारंभ करेंगे रामगढ़ जिले में भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर उन्तीस फरवरी से एक मार्च तक राजरप्पा महोत्सव को आयोजन किया गया है रजरप्पा प्रोजेक्ट के सीसीएल स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर के कलाकारों द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे इस कार्यक्रम में झारखंड में पर्यटन का विकास और संभावनाए तथा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन पर सेमिनार का भी आयोजन किया जाएगा

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि राज्य में एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत चीन से आए हए यात्रियों की निगरानी प्रतिदिन की जा रही है चीन से आए छह यात्रियों की जांच के बाद उन्हें अठाईस दिनों तक अपने घरों में पृथक देखभाल में रखा गया है ये सभी स्वस्थ हैं वुहान से आए झारखंड के चार लोगों को अगले चौदह दिनों तक अपने घर में रहने की सलाह दी गई है और स्वाास्थ्य जिला इकाई द्वारा प्रतिदिन उनकी निगरानी की जा रही है केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा अबतक राज्य में सतहतर यात्रियों के आने की पुष्टि की गई है जिनके अठाईस दिनों की निगरानी अवधि पूरी हो गई है एहतियात के तौर पर राज्य के रिम्स समेत अन्य पांच चिकित्सा महाविद्यालय और सभी जिला अस्पतालों में कोरोना वायरस के प्रसार एवं रोकथाम की पूरी व्यवस्था की गई है